आज बेंगल्रू टेक सम्मेलन का वर्चअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वह सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का जिक्र किया यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दो अरब रूपये का वित्तीय लेनदेन हुआ श्री मोदी ने कहा कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भूमि विवाद समाप्त करने और लोगों को सशक्त करने की दिशा में स्वामित्व योजना एक ऐसी ही पहल है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया जाता है उन्होंने कहा कि चाहे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत हो या गरीबों तक बिजली पहुंचाना और उन्हें आवास दिलाना हो इनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए तकनीकी समाधान निकालना उनकी सरकार की नीति है केन्द्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्मर निधि पीएम स्वनिधि योजना में सत्ताईस लाख तैंतीस हजार से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं

कृल चौदह लाख चौंतीस हजार से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और करीब सात लाख अट्ठासी हजार लोगों को कर्ज बांटे गये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गये रेहडी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र है योजना में कर्ज के प्रावधान बेहद आसान है इसके लिये किसी भी सेवा केन्द्र नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंक कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुये कहा कि एक वक्त था जब रेहडी पटरी वाले बैंक तक नहीं जा पाते थे लेकिन आज बैंक उनके घर जा रहे हैं यह सरकार के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण संमव हआ है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर तिरान्नबे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तालिस हजार चार सौ तिरान्नबे मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं उपचाराधीन रोगियों की संख्या कृल मामलों के पांच प्रतिशत से भी कम है वर्तमान में करीब चार लाख तैंतालिस हजार तीन सौ तीन सक्रिय मामले है आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है एक संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होता है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता और साफ सफाई के लिए प्राथमिकता जरूरी है उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्दता पर द्रदढ़ता से अमल किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में हमने करोडों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है श्री मोदी ने कहा कि इससे हमें विशेषकर नारी शक्ति को सम्मान और स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ भी हुए हैं देश आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी को उनकी एक सौ तीनवीं जयंती पर याद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित की है कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज सुबह इन्दिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की श्री राहुल गांधी ने दिवंगत नेता की समाधि शक्ति स्थल पर जाकर भी उन्हें श्रद्वांजलि दी प्रदेश के कई जिलों में श्रीमती गांधी की जयंती मनाई गयी छठ पर्व श्रद्वा और उत्साह से मनाया जा रहा है छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जा रही है इस दौरान प्रती और श्रद्वाल ् सुर्य देवता की अराधना कर उन्हें खीर पूरी और फल अर्पित करेंगे छठव्रती खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद छत्तीस घंटे का निर्जल उपवास रखेंगे जो शनिवार सुबह उगते सूरज को अर्धय देने के साथ सम्पन्न होगा कल सूर्य को सांध्य अर्धय दी जाएगी